इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और वैक्सीनेशन के पात्र सभी व्यक्ति टीका जरूर लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मंत्रालय ने कहा कि ब्देष्ठ डिजिटल प्लेटफॉर्म का सर्वर कैश होने संबंधी मीडिया की खबरे गलत और आधारहीन हैं

मंत्रालय ने कहा यह आंकडे इस बात का संकेत हैं पंजीकरण प्रणाली बिना किसी बाधा के काम कर रही है और इसमें कोई गडबडी नहीं है

ऐसे लोगों को अगले महीने की पहली तारीख से टीका लगाया जाएगा

पहले इसकी कीमत चार सौ रुपये थी एक ट्वीट में सीरम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पुनावाला ने कहा कि लोकहित को ध्यान में रखकर कीमत कम की गई है इस्टीट्यूट ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए इसकी कीमत छह सौ रुपये तय की है

वैक्सीन मिलने के साथ ही प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जायेगा

चिकित्सा मंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश से दिल्ली गए मंत्री समूह ने केन्द्र को प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी है सकारात्मक माहोल में चर्चा हुई है केन्द्रीय मंत्रियों ने उचित सहयोग का आश्वासन दिया है

अमरीकी राष्ट्रपति भवन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार और अमरीका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉ एंथनी फॉसी ने यह जानकारी दी इससे पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने घोषणा की थी कि को वैक्सीन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट को निष्किय करने में प्रभावी है

उन्होंने बताया कि इन टीकों का महिलाओं पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पडता

इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत कोरोना संकमित हो गई है प्रोटोकॉल के अनुसार उनका होम आईसोलेशन में ईलाज शुरू हो गया है वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल जोशी तथा पूर्व मंत्री जनार्दन सिंह गहलोत के निधन पर संवेदना व्यक्त की है

मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये कोविड की स्थिति की ॅसमीक्षा की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर सिलेण्डर फ्लो मीटर और दवाओं सहित अन्य जरूरी संसाधन आयात करने की आवश्यकता हो तो इसके लिए योजना बनाकर उसे त्वरित रूप से अंजाम दे

श्री गहलोत ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई तीसरी और चौथी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए अभी से पुख्ता इंतजाम किये जाए इसके लिए वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इस अभियान को शुरू करने की घोषणा की थी स्थिति सुधरने के बाद अभियान की नई तारीख का निर्णय किया जायेगा